यह व्यक्ति द्वारा ख्द अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान आवश्य्क सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए श्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अन्रोध किया उन्होंने लोगों से जहां तक संभव हो घर से काम करने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित रखने के लिए हर आवश्यक उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की प्रधानमंत्री ने व्यवसायी सम्दाय से अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने को कहा और काम पर आने में असमर्थ होने की स्थिति में उनका वेतन नहीं काटने का अन्रोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्यबल गठित करने का फैसला किया है जो सभी पक्षों से बातचीत करेगा

सरकार ने कहा है कि पर्यटकों और आगन्त्कों को इनरलाइन परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं

उन्होंने कहा कि अरूणाचल के लोगों का स्वस्थ रहना राज्य की पहली प्राथमिकता है

संस्थान के निदेशक मोजी जिनि ने बताया कि कोविड से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अलग से बारह बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है श्री जिनि ने कहा कि लोगों को यह सोचकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि राज्य में अबतक कोरोना वायरस का एक भी मामला दर्ज नही किया गया है

इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के दल ने राजधानी ईटानगर के आर के मिशन हिमा हास्पिटल और नाहरलगुन के निबा अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया सरकार के निर्देश के अनुसार कोविड के संभावित लोगों की जांच और उनके इलाज के लिए अस्पताल में अलग आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था के निर्देश दिए गए है तोमो रिवा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों ने इन अस्तपालों के चिकित्सकों से स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की

उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने एक द्रसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाने अपने चेहरे नाक और मुह को बार बार न छूने आपस में हाथ न मिलाने और स्वच्छ आदतों को विकसित करने को कहा

इसी को ध्यान में रखते हुए पासीघाट जनरल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर जिला उपायक्त डॉक्टर किन्नी सिंह संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक डॉडी रैना जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कालिंग दाई जिला निगरानी अधिकारी डॉ तारिक तालोम बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉ वाई आर दारांग सहित कई चिकित्सकों ने कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचाव और सावधानियों के बारे में जानकारी दी